स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में जैपनीज इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान का ऑनलाइन शुभारंभ किया

संक्रमित लोगों का पता लगाने और जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड के साथ मजबूती से लड़ रहा है उन्होंने देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ होने की अच्छी दर के मद्देनजर बहत से लोग ं सोचने लगे हैं कि वायरस कमजोर हो गया है श्री मोदी ने सतर्क किया कि इस तरह की सोच से असावधानी बढ़ती है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 श्री मोदी ने संक्रमण की दर को पांच प्रतिशत से नीचे लाने की आवश्यकता पर बल दिया सभी राज्यों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने की दर और मृत्यु दर के मामले में भारत अन्य देशों की तूलना में बेहतर स्थिति में है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नागरिकों को जो भी वैक्सीन देगा वह सभी वैज्ञानिक मानकों के आधार पर सुरक्षित होगी उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ सामूहिक समन्वय में वैक्सीन वितरण की कार्यनीति तैयार की जाएगी गौरतलब है कि इस वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ सहित दिल्ली राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल हरियाणा उत्तराखंड आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल हुए इस वर्चुअल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है प्रतिदिन औसतन तेईस हजार टेस्टिंग की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में पहले कोरोना का संक्रमण नहीं था बाद में कुछ बढ़ा है श्री बधेल ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले और आईसीयू बेड की संख्या में वृद्धि की गई है सभी मेडिकल कॉलेजों में आरटी पीसीआर जांच की सुविधा है चार नये लेब स्थापित किए गए हैं बीते अक्टूबर महीने के बाद कोरोना के नये मामलों में कमी आई है जांच में कोई कमी नहीं की गई है बीते अक्टूबर नवंबर महीने में कोरोना से मृत्युदर एक प्रतिशत रही मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरूआत में छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बहुत कम थे लेकिन अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के कारण संक्रमण बढ़ा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मुख्य सचिव आरपी मंडल और पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए कोरोना समाचार इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख पच्चीस हजार को पार कर गई है कल प्रदेश में दो हजार इकसठ नये मरीजों की पुष्टि की गई वर्तमान में इक्कीस हजार नौ सौ छब्बीस मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है जशपूर जिले में कांसाबेल थाने के इक्कीस पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इनमें दो महिलाकर्मी भी शामिल हैं पुलिस अधीक्षक ने थाने को सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं अब कांसाबेल थाने का संचालन फरसाबहार और दोकड़ा चौकी से किया जाएगा इधर कोरिया जिले के कोविड अस्पताल ने बीते आठ से चौदह नवंबर के बीच कराई गई स्वास्थ्य संस्थावार कोविड पेशेंट फीडबैक रिपोर्ट में बेहतर स्वास्थ्य सुविघाओं के आधार पर पुरे प्रदेश में पहला रैंक हासिल किया है संस्थावार हुई इस रैंकिंग में टॉप पांच में कोरिया के अलावा मेडिकल कॉलेज जगदलपुर जिला अस्पताल बलौदाबाजार शंकराचार्य दुर्ग और एमसीएच अस्पताल बलौदाबाजार शामिल हैं उधर राजनादगांव जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब चौक चौराहों में भी कोरोना की जांच की जा रही है साथ ही बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वाले लोगों से नगर निगम की टीम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है

राज्य में स्वास्थ्यकर्मियों का करीब अंठानवे प्रतिशत डाटा एकत्र कर लिया गया है टीकाकरण के लिए करीब अट्ठाईस हजार स्थलों और आठ हजार से अधिक वैक्सीनेटर चिन्हांकित किए जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वैक्सीन के सुरक्षित संधारण के लिए राज्य में छह सौ तीस कोल्ड चैन पॉईंट कार्य कर रहे हैं और अस्सी नये कोल्ड चैन पॉईंट बनाए जा रहे हैं सुरक्षित संधारण के लिए पचयासी हजार लीटर की अतिरिक्त क्षमता है उन्होंने बताया कि वैक्सीनेटर की संख्या बढ़ाने के लिए प्ररूष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के वैक्सीनेटर को भी चिन्हांकित कर प्रशिक्षित किया जाएगा टीकाकरण से संबंधित सिरिंज और अन्य सामग्री के संधारण के लिए राज्य क्षेत्रीय और जिला स्तर पर ड्राई स्टोर चिन्हांकित किए गए हैं टीकाकरण की संपूर्ण निगरानी और समन्वय के लिए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति बनाई जा चुकी है राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक भी हो चुकी है

खबर मिली थी कि इन ऐप के जरिए देश की सम्प्रभूता और अखंडता रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही थीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से भिली व्यापक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय यूजर के लिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है बेरोजगार ठेका प्रदेश में निर्माण कार्यों के ठेकों के जरिये अब ब्लॉक स्तर पर स्नातक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा इसके लिए राज्य सरकार ने वर्तमान में लागू एकीकृत पंजीयन प्रणाली के तहत निर्धारित श्रेणी अ ब स द के बाद एक नया श्रेणी ई का समावेश करने का निर्णय लिया है इस संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है नई श्रेणी में पंजीयन के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार ऐसे स्नातक युवा जो बेरोजगार है उनका पंजीयन ई श्रेणी में किया जाएगा पंजीयन की अवधि पांच वर्ष की रहेगी स्नातक बेरोजगारों को एक वर्ष में अधिकतम पचास लाख रूपये तक का कार्य उपलब्ध कराया जाएगा स्नातकधारी युवा जिस ब्लॉक के निवासी होंगे वे उसी ब्लॉक के अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकेंगे

इस दौरान अम्यर्थियों ने राज्यपाल से नीट परीक्षा के दूसरे चरण के काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन और ंत्रटि में सुधार कराने का आग्रह किया राज्यपाल ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेण पिल्ले से चर्चा की और विद्यार्थियों की मदद करने का निर्देश दिया

इसके तहत पांच जिलों बस्तर बीजापुर दंतेवाड़ा कोंडागांव और धमतरी के लगभग दस लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे यह अभियान अट्ठारह दिसंबर तक चलेगा इस दौरान इन पांच जिलों के एक से लेकर पंद्रह वर्ष तक के सभी बच्चों को जैपनीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे

जिले के पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल ध्र्व ने बताया कि फूलबगड़ी थाना प्रभारी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान तीन माओवादियों को पकड़ा गया ये सभी माओवादी चिंतलनार थाना क्षेत्र के निवासी हैं इन पर केरलापाल के बड़ेसट्टी के अस्पताल भवन को क्षति पहुंचाने का आरोप है भाजपा आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराघ पर अंकश लगा पाने में राज्य सरकार असफल रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण निर्मित है जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है उन्होंने कहा कि कवर्घा और रायपुर जिले में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटनाए प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था की सच्चाई बता रही है श्री साय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार भें महज तेईस महीनों भें ही शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बना गया है महिला आयोग सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज सूरजपुर कलेक्टोरेट के समाकक्ष में जिले की महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र में जागरूकता की कमी देखी जा रही है उन्होंने जिला प्रशासन से वॉलेंटियर्स और महिला जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर बालिकाओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का आव्हान किया साथ ही उन्होंने महिलाओं को गंभीर किस्म के मामलों में महिला आयोग के रायपुर कार्यालय आने की बात मी कही समीक्षा बैठक संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर विमागीय कामकाज की समीक्षा की इस मौके पर श्री भगत ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के कलाकारों को अधिक से अधिक प्रस्तृति का अवसर उपलब्ध कराएं उन्होंने स्थानीय और कला संस्कृति को संरक्षित तथा संवर्धित करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए श्री भगत ने कहा कि स्थानीय कलाकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम का मानदेय शीघ्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए

इस संयुक्त मंच के प्रदेश संयोजक धर्मराज महापात्रा ने बताया है कि इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए आज रायपुर में नुक्कड़ समाए की गई उन्होंने बताया कि हड़ताल की पूर्व संध्या पर कल प्रदेश के अनेक स्थानों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा श्री महापात्रा ने बताया कि इस हड़ताल को किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है इस बीच हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू ने भी छब्बीस नंवबर को भिलाई इस्पात संयंत्र को मुख्य गेट पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है

यह ट्रेन अमृतसर तक चलेगी इसी प्रकार छब्बीस नवंबर को अमृतसर से पूजा स्पेशल ट्रेन बिलासपुर के लिए रवाना होगी वहीं दुर्ग से कल दुर्ग जम्मूतवी पूजा स्पेशल ट्रेन रवाना होगी जो जम्मूतवी तक चलेगी

इस घटना में किसान को हजारों रूपये का नुकसान होने की आशंका है एसडीएम भेनका प्रधान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पटवारी को घटनास्थल का जायजा लेने के लिए भेजा गया है पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नुकसान का आंकलन किया जाएगा मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान मौसम बदलने के आसार हैं इस दौरान बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बौछारें पडने की भी संभावना है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छब्बीस और सत्ताईस नवंबर को प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हो सकती है अट्ठाईस नवंबर से मौसम खुलने के बाद ठंड बढ़ेगी संक्षिप्त समाचार खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने आज महासमुद जिले में झालखम्हरिया और घ्रंचापाली सोसायटी का निरीक्षण किया साथ ही आगामी एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारियां का जायजा भी लिया राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह उन्नीस नवंबर से मनाया जा रहा है कल अंतिम दिन पच्चीस नवंबर को झण्डा दिवस मनाया जाएगा राजनादगाव कलेक्टोरेट में कल तिरंगा झण्डा के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कक्षा दसवीं बारहवीं और डीएलएड प्रथम वर्ष की प्रक परीक्षा आगामी अट्ठाईस नवंबर से शुरू होगी आज राजनांदगांव स्थित स्टेट हाईस्कूल में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया कबीरधाम जिले में चिल्फी थाना पुलिस ने मध्यप्रदेश से अवैध परिवहन कर छत्तीसगढ़ लाए जा रहे दो सौ बावन क्विंटल धान को जब्त किया है राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में बाजगुड़ा की उचित मूल्य दुकान को बारदाना जमा नहीं करने पर निलंबित कर दिया गया है मितानिन दिवस के मौके पर भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेन्द्र यादव ने मितानिन तथा आरोग्य समिति के सदस्यों को उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित किया राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने मानव तस्करी के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र के नौ मजदूर और बलौदाबाजार जिले के तीन मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाए जाने की खबर है परिजनों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मजदूरो को छूडवाने का ऑग्रह किया है महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौलीमुड़ा के पास एक गैस टैंकर पलट गया इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है यह टैंकर विशाखापटनम से मंदिर हसौद जा रहा था